इस संबंध में विभाग ने गाइड लाइन भी तय कर दी है

जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि जिन किसानों को टोकन जारी किये गये है और भूमि रकबा सत्यापित है उनसे उनकी पात्रता अनुसार ऑनलाइन खरीदी की जाये मण्डी पर नियुक्त राजस्व कृ षि खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल की देख रेख में तुलाई करवाई जाना अनिवार्य कर दिया गया है

यह योजना लागू होने तक इन वर्गों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना में वित्तीय सहायता मिलती रहेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल हरदा जिले के टिमरनी में हुए श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ करते हुए ये बात कही

उन्होंने कहा कि पंजीबद्व श्रमिकों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने संबल योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पंजीबद्ध हितग्राहियों को रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जायेगा कार्ड के माध्यम से उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देने में सहायता मिलेगी उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के जरूरतमंद और गरीब परिवारों को आवासीय जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जायेगा और उन्हें जमीन पर रहने योग्य पक्का मकान भी बनवा कर दिया जायेगा शहरी क्षेत्र में शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बहु मंजिला भवन बनाकर गरीब वर्ग को घर उपलब्ध करवाये जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना घर प्राप्त करने से शेष रह गये लोगों को मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना में पक्के घर बनवा कर दिये जायेंगे श्री चौहान ने कहा कि आवास निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा रहा है वहीं भोपाल के लाल परेड मैदान में भी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंगठित श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अब बजट का उपयोग गरीबों की जनसंख्या के अनुपात में करेगी आगामी चार सालों में प्रत्येक गरीब के पास पक्का मकान होगा गरीब परिवार का हर बच्चा पढ़ेगा गरीबों की बीमारी का निःशुल्क उपचार होगा इस वर्ग को बिजली बिल केवल फ्लैट रेट पर ही भरना होगा संकट की घड़ी में गरीब परिवार की पूरी मदद होगी जीवन की अंतिम विदाई भी सम्मानपूर्वक होगी गरीब की आमदनी बढ़ाने जैसे कार्य संबल योजना में किये जाएंगे दमोहखरगोन खंडवा श्योपुर धार रायसेन सहित पूरे प्रदेश मे संबल योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया गया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से अपने विचार उनके साथ साझा करने को कहा है

लोग अपने विचार नरेन्द्र मोदी मोबाइल एप पर साझा कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि मन की बात के बारे में मिलने वाले विभिन्न विचारों सुझावों तथा जानकारी से कार्यक्रम की अवधारणा को मजबूती मिली है

इस सम्मेलन में प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह भी भाग लेंगे आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में होने वाले सम्मेलन में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड़डा राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहेंगे सम्मेलन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ गरीबों जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के लोगों को बीमा सुरक्षा कवर दिलाने के लिये एमओयू भी हस्ताक्षरित होंगे भवन लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दतिया में नव निर्मित मेडिकल कॉलेज भवन का लोकार्पण करेंगे दतिया में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण रिकार्ड समय में पूरा किया गया है भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज में प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है

मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपूर के तहत दतिया मेडिकल कॉलेज शुरू होने से नए सत्र से छात्र छात्राओं को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकेगा चिकित्सा शिक्षा और उपचार के क्षेत्र में दतिया अंचल के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी

सयाजी मुक्तिधाम में उनकी बेटी कुहू ने उन्हें मुखाग्नि दी भय्यू महाराज को श्रद्धांजलि देने और उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे और कांग्रेस नेता शोभा ओझा समेत इंदौर के कई स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे इस अवसर पर मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई अन्य राज्यों से भय्यू महाराज के अनुयायी हजारों की संख्या में यहां मौजूद रहे इसके पहले भय्यू महाराज के आश्रम सूर्योदय से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई वहीं इन्दौर पुलिस ने भय्यू महाराज द्वारा आत्महत्या करने के मामले में हर पहलू की जांच शुरू कर दी हैं जांच में परिवार सहित सभी बिन्दुओं को शामिल किया गया है मौसम प्रदेश में मानसून में देरी के चलते तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है पिछले दिनों हई बारिश से मिली राहत के बाद अब गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है राज्य के दो तीन स्थानों को छोड़कर कल बाकी स्थानों पर मौसम शुष्क रहा सीधी में पांच मिलीमीटर बारिश हुई इसके अलावा केवल उमरिया और सतना में ही हल्की वर्षा हुई अन्य शहरों में गर्मी और उमस रही

इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना है